लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों का प्रचार अभियान चरम पर है राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों और यूवाओं सहित सभी वर्गो से किये गये वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है श्री यादव आज प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा क्षेत्र में कौशाम्बी से गठबंधन प्रत्याशी इन्द्रजीत सरोज और प्रतापगढ़ से उम्मीदवार अशोक त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिये भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपना रही है लेकिन मतदाता उनके बहकावे में आने वाले नहीं है सपा प्रमुख ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अड़तीस दलों के साथ गठबंधन करने वाले सपा और बसपा गठबधन को महामिलावटी बता रहे हैं यह उनकी हताशा का परिचायक है वहीं अपना दल की नेता और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शूक्ल ने आज बलरामपुर में श्रावस्ती संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी दददन मिश्रा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया श्रीमती पटेल ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आहवान करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र राजनैतिक पार्टी ह जो देश को स्थायी और मजबूत सरकार दे सकती है इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप श्क्ल ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा हर तबके के विकास के लिये कृत संकल्पित है और आगे भी इसी संकल्प के साथ काम करती रहेगी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के वोट काटने का आक्षेप लगाया है वह आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रही थीं

यही मुख्य वजह है कि अब तो इस कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी कहते घूम रहे हैं कि चाहे बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाये लेकिन सपा व बसपा गठबंधन के उम्मीदवार यहां चुनाव नही जीतने चाहिए सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहते हैं कि देश में जातिवादी साम्प्रदायिक और पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार लोग केन्द्र और राज्यों की सत्ता पर आसीन हो पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के लिये अब सिर्फ दो दिन शेष रह गये हैं इस चरण में छह मई को प्रदेश की जिन चौदह संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैजाबाद जैसी प्रतिष्ठित सीटों के साथ साथ धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज बांदा फतेहप्र कौशाम्बी बाराबंकी बहराइच कैसरगंज और गोण्डा सीटें शामिल हैं इन सभी सीटों पर कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सोनिया गांधी चुनाव मैदान में हैं जबकि अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा प्रत्याशी तथा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला है लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गंठबंधन प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं वहीं धौरहरा सीट पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद फैजाबाद सीट पर भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री एवं गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव चुनाव मैदान में हैं निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में लातूर में चुनावी भाषण में आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है आयोग ने कहा है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद आचार संहिता के प्रावधानों और मौजूदा परामर्श के अनुसार मामले की विस्तृत जांच की गई निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है आयाग ने मध्य प्रदेश में शहडोल में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री पर कथित टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

वहीं आयोग ने भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा तीन दिनों तक चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे और अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बारे में हाल ही में विवादित बयान दिया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से सीबीएसई परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाली तीनों छात्राओं सहित मेरिट लिस्ट में आये सभी विद्यार्थियों को बधाई दी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

भारत ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आतंकी संगठनों और उनके प्रमुखों पर कानूनी कार्रवाई की कोशिशें जारी रखेगा जैश ए मोहम्मद क प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले का भारत ने स्वागत किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को दर्शाने वाला सही कदम है संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने कल मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है यह भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम जयपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह कदम आतंकवाद के खिलाफ देश के लोगों की बड़ी सफलता है

मसूद अजहर के वैश्विक आतंकवादी करार दिये जाने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश उसकी परिसंपत्तियों को जब्त करने उसकी यात्राओं को प्रतिबंधित करने और उसे हथियार बेचने पर पाबंदी लगाने के प्रावधानों को लागू करेंगे उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा कथित रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी कांग्रेस पार्टी की नौ शिकायतों पर छह मई तक निर्णय ले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ को निर्वाचन आयोग ने बताया कि श्री मोदी और शाह के खिलाफ आचार संहिता के कथित उल्लंघन के सिलसिले में कांग्रेस की दो शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है